प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अम्फन चक्रवात से पीडितों की सहायता में कोई कसर नहीं रखी जाएगी अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात से हुई तबाही के दृश्यों से स्पष्ट है कि यह चुनौती भरा समय है और पूरा देश इस घड़ी में पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता की कुशलता की कामना की है प्रधानमंत्री न यह भी कहा कि ओडिसा ने चक्रवात अम्फन का ठीक तरह से मुकाबला किया है मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न त्रिस्तरीय कोविड चिकित्सालयों में तिहत्तर हजार से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था हो जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए इस माह के अन्त तक इन चिकित्सालयों में कुल बेड की संख्या को बढ़ाकर एक लाख किए जाने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक जनपद में स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी को नामित करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपदवार तैनात इन अधिकारियों की सूची मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड चिकित्सालयों में व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखा जाए उन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालने करने तथा आरोग्य सेतु और आयुष कवच कोविड मोबाइल ऐप का व्यापक इस्तेमाल करने पर जोर दिया मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन के काम को तेज करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी कामगारों को आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी सुरक्षित और गरिमापूर्ण वापसी के लिए पर्याप्त संख्या में रेलगाडियों और बसों की व्यवस्था कर रही है डिस्पैच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया है कि प्रवासी मजदूरों को यात्रा के लिए सुरक्षित माध्यम का उपयोग करने के लिए जागरूक किया जाए

राज्य के भीतर अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए भी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है ताकि मजदूर अपने घरों तक आसानी से पहुंच सकें मख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सीमा में दाखिल होने के साथ ही प्रवासी मजदूरों के भोजन पानी की व्यवस्था की जाए और उसके बाद स्क्रीनिंग करके उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने का प्रबंध किया जाए प्रदेश में सभी मंडल आयुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की लगातार मॉनिटरिंग करें और प्रवासियों को बसों के जरिए उनके गृह जनपदों तक पहुंचाने के काम पर नजर बनाए रखें सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए स्टार्टअप कोष शुरू किया है

मुख्यमंत्री ने कोष की शुरूआत करते हुए कहा कि कृषि स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नई स्टार्टअप उद्यम नीति समय की जरूरत है ताकि राज्य के युवा इन उद्यमों से जुड़ सकें उन्होंने राज्य सरकार और सिडबी के बीच सहमति पत्र को इस दिशा में एक कदम बताया मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर राज्य में आए हैं और उन्हें उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे

इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है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

रेलमंत्रो पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रेनों के टिकट बक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेन्टों की शिकायत टेलीफोन नम्बर एक तीन आठ पर करनी चाहिए श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने पहली जून से दो सौ रेलगाडियां चलाने की घोषणा की है जिनकी बुकिंग आज सुबह दस बजे से शुरू हो गई है उन्होंने कहा कि पहली मई को चार रेलगाडियां चलाई गई थीं जिनसे लगभग पांच लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाडियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी सामान्य बोगिया में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी इन विशेष रेलगाडियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत ग्यारह श्रेणियों में होंगी ये रेलगाडियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाडियों के अलावा हैं नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ाने फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों हवाई अड्डों यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं केवल प्रष्ट वेब चेकइन यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी यात्रियों को केवल एक चेकइन बैग की अनुमति होगी विमान में भोजन नहीं परोसा जाएगा

मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम दो घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा यात्रियों को मॉस्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नन्द कुमार परिचर्चा में हिस्सा लेंगे श्रोता स्ट्रडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल प्रछ सकते हैं

एमएसएमई सेक्टर से जुड़े उद्योगों कृषि कार्य और किसानों के हितो के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा भारत के लिए वरदान साबित होगी कानपुर स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआरसिंह ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किये गए एग्रीकल्वरल पैकेज को अतुलनीय और देश को वैश्विक महामारी से उबारने में सहायक बताया उन्होंने कहा कि इसमें देश बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है एग्रीकल्वर सेक्टर के लिए विशेष पैकेज में कृषि मछली पालन पशुपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रो को भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा

मेरठ की दौराला चीनी मिल गन्ना पेराई के साथ सेनिटाइजर का निर्माण भी कर रही है

समाप्त